श्री कोविंद ने कहा कि न्याय की रक्षा का एक उपाय न्याय में होने वाले विलंब को दूर करना भी है राष्ट्रपति आज जबलप्र में न्यायिक अकादमियों के डायरेक्टर्स रिट्रीट कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे इस दौरान श्री कोविंद ने कहा कि देश की समस्त न्यायिक अकादमी के बीच सतत न्यायिक प्रक्रिया को साझा करने का यह पहला और उल्लेखनीय प्रयास है उन्होंने कहा कि अब तहसील स्तर पर सुधार के लिए प्रयास किये जायें

कार्यक्रम को संबोधित करते हए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि न्यायपालिका देश की सबसे मूल्यवान और सम्मानित संस्था है कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समय पर न्याय देने के लिए शिक्षणप्रशिक्षण और चिंतन के महत्व पर जोर दिया

राष्ट्रपति मध्यप्रदेश प्रवास के दूसरे दिन कल सुबह दमोह जिले के सिंग्रामप्र में रानी दूर्गावती की प्रतिमा पर प्ष्पांजलि अर्पित करेंगे राष्ट्रपति सिंग्रामप्र में ही जनजातीय सम्मेलन में शामिल होंगे